पुलिस ने गिरफ्तारी के लिये बिहार और झारखंड में विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वैज्ञानिक और उच्चतर शिक्षण संस्थानों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया है श्री कोविंद आज पटना के ज्ञान भवन में एनआईटी के आठवें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि देश में अकादमिक और शैक्षिक क्षेत्र में बेटियों का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा है लेकिन तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में इसे बढ़ाने की जरूरत है उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यक्ति परिवार समाज और देश की प्रगति का आधार होती है समारोह में राज्यपाल लालजी टंडन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रपति की पत्नी सविता कोविंद सहित कई गणमान्य लोग भी उपस्थित थे इससे पहले राष्ट्रपति समस्तीपुर के पूसा स्थित डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल हुए उन्होंने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते कृषि क्षेत्र के समक्ष चुनौतियां बढ़ गयी हैं इससे निपटने के लिये वैज्ञानिकों और कृषि की पढ़ाई कर रहे छात्रों को आगे आने की जरूरत है राष्ट्रपति ने कहा कि बीज से बाजार तक नई तकनीक विकसित करने की अपार संभावनाएं हैं राष्ट्रपति ने कृषि क्षेत्र के विद्यार्थियों से परंपरागत खेती से अलग कुछ नया करने की अपील की राष्ट्रपति ने युवाओं से कृषि क्षेत्र में उद्यमिता और स्वरोजगार के लिये काम करने की अपील की उन्होंने कहा कि इसके लिये मुद्रा योजना और विभिन्न प्रकार के वेंचर कैपिटल फंड से ऋण प्राप्त किया जा सकता है

इस अवसर पर तेंतीस विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया जिसमें पच्चीस लड़कियां हैं इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कृषि उत्पादकता के क्षेत्र में बिहार ने काफी तरक्की की है उन्होंने कहा कि धान मक्का और गेहूं में रिकॉर्ड उत्पादन के लिये राज्य को कई सम्मान मिल चुके हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि के अलावा अन्य सहयोगी क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिये कृषि रोड मैप में कई प्रावधान किये गये हैं केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा कि राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को विश्व स्तर का संस्थान बनाने के लिये हरसंभव मदद दी जायेगी समारोह में राज्यपाल लालजी टंडन राज्य के कृषि मंत्री प्रेम कुमार कुलपति आरसी श्रीवास्तव सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे आर्म्स एक्ट मामले में फरार चल रही पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा को जदयू ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने बताया कि फरार रहते हुए कोई पार्टी का सदस्य कैसे रह सकता है इसलिए मंजू वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की गयी है इधर मंजू वर्मा की गिरफ्तारी के लिये पूलिस ने आज बेगूसराय मूजफ्फरपूर हाजीपूर के अलावा झारखंड के हजारीबाग में कई ठिकानों पर छापेमारी की है मुजफ्फरपुर में पूर्व मंत्री के रिश्तेदार से प्रछताछ भी की गयी पुलिस मुख्यालय के अपर महानिदेशक एसके सिंघल ने बताया कि गिरफ्तारी के लिये लगातार छापेमारी जारी है गौरतलब है कि घर से कारतूस बरामद होने पर आर्म्स एक्ट मामले में फरार चल रही मंजू वर्मा की गिरफ्तारी के लिये निचली अदालत द्वारा वारंट जारी किया गया है इसी वर्ष अगस्त महीने में मूजफ्फरपूर बालिका गृह यौन शोषण कांड मामले में उनके पति की तलाश में सीबीआई ने बेगूसराय के चेरिया बरियारपूर स्थित उनके घर पर छापेमारी की थी शीर्ष न्यायालय ने अब तक मंजू वर्मा की गिरफ्तारी नहीं होने पर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगायी है जिसके बाद गिरफ्तारी के लिये पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है मोतिहारी स्थित महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति अरविंद कुमार अग्रवाल का इस्तीफा राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार कर लिया गया है पिछले दिनों श्री अग्रवाल ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले पद से इस्तीफा दे दिया था नवगठित विश्वविद्यालय के परिसर में हिंसा तोड़फोड़ और नियुक्तियों में गड़बड़ियों को लेकर कुलपति का कार्यकाल काफी विवादों में रहा था लोजपा के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार मामलों के प्रभारी भूपेन्द्र यादव से मूलाकात की समझा जाता है कि इस दौरान बिहार एनडीए में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और जदयू के बीच मचे घमासान पर भी चर्चा हुई इसके अलावा दोनों नेताओं ने बिहार में एनडीए के घटक दलों के बीच लोकसभा के टिकट बंटवारे को लेकर भी चर्चा की इस बीच रालोसपा अध्यक्ष और केन्द्रीय मंत्री उपेन्द्र कुशवाहा ने कहा है कि वे कल नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात करेंगे श्री कुशवाहा ने अपने ट्वीट में कहा कि वे श्री शाह से मिलकर लोकसभा सीटों के समझौते को लेकर बातचीत करने का प्रयास करेंगे केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि देश में वित्तीय समावेशन की योजनाओं का महिलाओं को अधिक लाभ मिला है श्री जेटली ने नई दिल्ली में बचत और खुदरा बैंकों के विश्व सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि तैंतीस करोड़ ऐसे गरीब लोगों के खाते खोले गये हैं जो कभी बैंक के बारे में सोच नहीं सकते थे वित्तमंत्री ने कहा कि इन लोगों को बीमा योजनाओं के दायरे में भी लिया किया गया है और लाभार्थियों में से चौवन प्रतिशत खाते महिलाओं के हैं उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों के वित्तीय समावेशन का लक्ष्य इस वर्ष के अंत तक प्राप्त कर लिया जाएगा श्री जेटली ने कहा कि भारत सरकार का उद्देश्य गैर बैंकिंग क्षेत्र में उच्च विकास दर के लक्ष्य को प्राप्त करना है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने आज कहा कि सूखाग्रस्त घोषित प्रखंडों में कृषि इनपूट सब्सिडी योजना का लाभ किसानों को पच्चीस नवम्बर तक उपलब्ध होगा श्री कुमार ने कहा कि इसके लिये ऑनलाईन आवेदन करने की तिथि पंद्रह नवम्बर से बढ़ाकर पच्चीस नवम्बर कर दी गयी है कृषि मंत्री ने बताया कि आवेदन देने वाले किसानों को उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से यह राशि उपलब्ध करायी जा रही है शेखपुरा जिले के करंडेय थाना के प्रभारी भरत यादव का शराब के नशे में वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद उसे निलंबित कर दिया गया है प्रलिस अधीक्षक दयाशंकर ने अनुमंडल प्रलिस पदाधिकारी को इस मामले की जांच करने के निर्देश दिये हैं सारण भागलपुर नालंदा और मुजफ्फरपुर जिलों में आज अलग अलग सड़क हादसों में पांच लोगों की मौत हो गयी जबकि सात अन्य घायल हो गये कटिहार जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भट्टा टोला मदरसा के पास अपराधियों ने बैंक सेवा केन्द्र के कार्यालय से दो लाख रुपये लूट लिये राज्य के दूसरे अखिल भारतीय आयूर्विज्ञान संस्थान एम्स की सहरसा में स्थापना को लेकर सुपौल में आज बाजार बंद रहे जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घूम घूमकर बाजारों को बंद करवाया अरवल शहर के झिकटिया स्थित जगदेव स्टेडियम में खेले गये महिला फूटबॉल मैच में खगड़िया की टीम ने पटना को शून्य के मुकाबले एक गोल से पराजित कर दिया इधर अररिया के नरपतगंज प्रखंड के विशनपुर पंचायत में महिला कृश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया इसका खिताब दिल्ली की महिला पहलवान काजल कुमारी ने हासिल किया हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य का आज नालंदा के एकंगरसराय में महिला स्वयं सहायता समूह ने स्वागत किया भोजपूर जिले में पूलिस ने उत्तर प्रदेश के पचास हजार रूपये के इनामी अपराधी कुंदन समेत तीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है शेखप्रा जिले के शेखोप्र प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर कार्यरत दो शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गयी है

पुलिस ने गिरफ्तारी के लिये बिहार और झारखंड में विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की